इस योजना का उद्देश्य अपने अपने राज्यों को लौटे प्रवासी मजदूरों और ग्रामीणों को जीवन यापन के अवसर उपलब्ध कराना है

राज्यसभा प्रदेश की तीन राज्यसभा सीटों के लिये आज मतदान होगा सपा बसपा और निर्दलीय विधायकों के भाजपा के पक्ष में आने संकेतों के बाद अब ये चूनाव औपचारिकता मात्र रह गया है भाजपा की ओर से ज्योतिरादित्य सिंधिया और सुमेर सिंह सोलंकी वहीं कांग्रेस उम्मीदवार दिग्विजय सिंह का चुना जाना तय माना जा रहा है इसके पूर्व कल राजनीतिक सरगर्भियां तेज रही भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों की बैठकों का सिलसिल चलता रहा भाजपा कार्यालय में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान केन्द्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा की उपस्थिति में चुनाव की रणनीति पर चर्चा हुई वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के निवास पर प्रदेश कांग्रेस प्रभारी मुकुल वासनिक की मौजूदगी में हुई बैठक में चुनाव की रणनीति बनाई गई भाजपा बैठक केन्द्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि प्रदेश में प्रभावी उपायोग से कोरोना पर नियंत्रण पाने में मदद मिली है उन्होंने कल भोपाल में भाजपा की बैठक में राज्य सरकार के प्रयासों की तारीफ करते हुए कहा कि प्रवासी मजदूरों को उनके घर पहुँचाने में भी मानवीय पहलू का ध्यान रखते हुए कार्य किया गया

उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार से प्रदेश की जनता परेशान हो चुकी थी राज्यसभा चुनाव के सिलसिले में पार्टी विधायकों और समर्थन दे रहे विधायकों को बैठक में मतदान के तौर तरीको के बारे में तकनीकी जानकारी दी गई

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उनको श्रद्धांजलि देते हुए उनके परिवार को एक करोड़ रूपये की सम्मान निधि देने की घोषणा की है इसके साथ ही शहीद के परिवार को आवास अथवा भूखण्ड और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी भी दी जायेगी

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोरोना की स्थिति की समीक्षा करते हुए ये जानकारी दी उन्होंने कहा कि कोरोना की स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है

श्री चौहान ने सभी जिलों के प्रभारी अधिकारियों से उनके जिलों में स्थिति की जानकारी ली और जरूरी निर्देश दिये

भोपाल में कल शाम से बिजली की गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला शुरू हुआ जो देर रात तक चलता रहा इस दौरान कई जगह पेड़ गिर गये और जल भराव की स्थिति बन गई

वही उत्तरी भागों में अब भी गर्मी का असर बना हुआ है

ऑनलाइन प्रतिबंध राज्य सरकार ने प्राथमिक कक्षाओं के लिए ऑनलाइन पढ़ाई पर प्रतिबंध लगा दिया है वहीं उच्च कक्षाओं के लिए समयावधि निर्धारित कर दी है

बलिदान दिवस झांसी की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई के बलिदान दिवस पर कल ग्वालियर में बलिदान मेला आयोजित किया गया इस मौके पर पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया संभाग आयुक्त और निगम प्रशासक एमबी ओझा और नगरनिगम आयुक्त संदीप माकिन ने वीरांगना की समाधि पर पहुँचकर उनको नमन किया वहीं देश की एकता और अखंडता की शपथ भी दिलाई गई इसके पूर्व सांसद विवेक नारायण शेजवलकर और श्री पवैया ने शहीद ज्योति को समाधि स्थल पर स्थापित किया ये ज्योति झांसी से युवाओं द्वारा ग्वालियर लाई गई शहीद ज्योति की स्थापना के बाद दीपदान किया गया और चीन सीमा पर शहीद हुए भारतीय जवानों को श्रद्धांजलि दी गई

करीब ढ़ाई लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बाजरे की फसल की जायेगी

शनि मंदिर में भी प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा

मंदसौर में भी प्रशासन ने किसी तरह का आयोजन नहीं किया है और लोगों से घरों में ही योग करने की अपील की है

वहीं अशोकनगर जिले के चंदेरी में दिल्ली से लौटा एक व्यक्ति संक्रमित पाया गया है

वे वर्तमान कलेक्टर तरूण कुमार पिथोड़े का स्थान लेंगे पिथोड़े को खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग का संचालक बनाया गया है वहीं अपर मुख्य सचिव पशुपालन विभाग जे एन कंसौटिया को कुक्कुट विकास निगम का अध्यक्ष नियुक्त किया

स्थानीय होटल संचालकों ने भी यह यात्रा रद्द करने की मांग की थी

कीटनाशकों थाली और पीपा बजाकर किसान टिड्डियों को भगाने का प्रयास कर रहे हैं